इसके जरिए बचत और चालू खातो मनी ट्रांस्फर बिल भुगतान तथा कारोबारी भुगतान जैसी सेवाएं उपलब्ध होगी इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक का उद्देश्य विश्वस्नीय किफायती और सुगम बैंकिंग सेवाए आम आदमी तक पहुंचाना है ताकि वित्तीय समावेश का उद्देश्य प्ररा हो सके इस सेवा के लिए भारतीय डाक विभाग के विस्तृत नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्राम सेवकों को देशभर में तैनात किया जाएगा आई पी पी बी की छह सौ पचास शाखाए और तीन हजार दो सौ पचास सेवा केंद्र होंगे इस साल इकत्तीस दिसंबर तक देश के सभी एक लाख पचास हजार डाकघरों को आई पी पी बी से जोड़ दिया जाएगा केंद्र ने वन और वन्य जीव क्षेत्रो में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए एक नीति तैयार की है इससे स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे यह नीति पर्यटकों को इको पर्यटन से अवगत कराएगी और प्रकृति के बारे में जानकारी बढ़ाएगी पर्यावरण मंत्री डाँक्टर हर्षवर्धन ने एक वक्तव्य में कहा कि स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें इको पर्यटन गतिविधियो का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने बताया कि इस नीति में वन्य क्षेत्र में और अलग रह रहे वनवासियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी डाँक्टर हर्षव धन ने कहा कि स्थानीय समुदायो को राजगार देना स्थानीय अर्थव्यवस्था को समुद्ध बनाना तथा स्थानीय सामग्री और उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देना इको पर्यटन नीति का उद्देश्य है

विभाग को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल अरुणाचल की समृद्ध जैव विविधता के अवलोकन की पेशकश के अलावा राज्य में पारिस्थितिकता को बढ़ावा देगी उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग द्वारा प्रबंधित फरेस्ट रेस्ट हाउस पर्यटको को आकर्षित करने और यह पुस्तक राज्य में फैले अतिथि घरों पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी असम पुलिस ने डोकमोका भीड़ हिंसा मामले में अड़तालीस लोगो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है कार्बी आंगलॉन्ग जिले में आठ जून को दो युवकों अभिजीत और निलोतपाल को भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी उन पर बच्चे को उठाने का खथित आरोप था प्रलिस महानिदेशक कुलाधार सेकिया ने आज गुवाहाटी में पत्रकारो को बताया कि दीफू में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए है उन्होंने बताया कि पुलिस के पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सब्रत है पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि आरोप पत्र में इकहत्तर गवाहों के बयान शामिल किए गए है खोनसा जिला उप आयुक्त पी एन थंगन की अध्यक्षता में कल एक समन्वय बैठक के दौरान तिराप जिले के लापनान खोनसा खैमाई और खेती गांवो को स्मार्ट गावों के रुप में विकसित करने के लिए चुना गया है बैठक के दौरान स्मार्ट ग्राम आंदोलन क्षेत्रीय सहयोगी देबब्रता साहा ने खोनसा बी डी ओ की अगुआई वाली एक टीम द्वारा चार गावों में किए गए भौतिक सत्यापन और अध्ययन के बारे में जानकारी दी साहा ने गांव चयन प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त रिर्पोट भी प्रस्तुत की एक स्मार्ट गांव डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित एक समुदाय और वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए खुला नवाचार मंच है खेल और युवा मामलो मंत्री मोहेश चाई ने लोहित जिला उपायुक्त और तेजू विभागिय अधिकारियो के साथ बैठक के दौरान कल जिले में चल रही योजनाओ की समीक्षा की तेजू सुनपुरा रोड की बत्तर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सड़क की स्थिति पर राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण की मांग की